हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद परिवारवाद की राजनीति समाप्त ह्ई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को देखने के लिए आंमत्रित किया है हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल नियम पूरे विश्व का मार्ग दर्शन करते रहे है हरियाणा में दस लाख नए स्मार्ट मीटर लगाए जायेंगे जिसमें प्रीपेड भ्गतान की व्यवस्था भी होगी

श्री अरोड़ा ने म्ख्य निर्वाचन आय्क्त की तौर पर आज स्बह कार्यभार संभाला

उनका कार्यभार लगभग ाई वर्ष का होगा श्री अरोड़ा ने कई मुख्य पदों पर कार्य किया है जिनमें सूचना और प्रसारण सचिव कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में सचिव और इंडियन एयरलाईनस में कार्यकारी निदेशक पद शामिल है हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा है

वित्त मंत्री शनिवार को रोहतक फरमाणा गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवारों की इस राजनीति के चलते आमजन को मजबूर होकर इन लोगों के सामने अपने कार्य कराने के लिए नतमस्तक होना पड़ता था

कैप्टन अभिमन्य् ने कहा कि भाजपा ऐसा राजनीतिक संगठन व विचारधारा है जो परिवारवाद क्षेत्रवाद व व्यक्तिवाद की राजनीति को समाप्त करके भारत को फिर से महाशक्ति बनाने के लिए काम कर रहा है कैप्टन अभिमन्य् ने हिसार जिले के ज़मानी खेड़ा में कहा कि सरकार ने नारनौंद क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को विशेष छूट की नीति को लागू किया है

उन्होने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान हल्के का विकास पर ध्यान नही दिया गया था लेकिन अब इलाके के विकास को एक नई दिशा दी जा रही है

उधर आम आदमी पाट्री के राज्यसभा सांसद स्शील ग्प्ता ने कहा है कि देश की अर्थव्यवसथा को स्धारने के लिए विकास को गति प्रदान करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मे स्नियोजित ांग से विकास कार्य किए जा रहे है इसके बावजूद भी केन्द्र दिल्ली सरकार को जानब्झ कर परेशान करने में लगी हई है श्री ग्प्ता ने पलवल मे कहा कि म्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सता संभालने के बाद भ्रष्टाचार पर अकंश लगाया दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों को स्धारने का काम किया सरकार ने चार वर्षो में केन्द्र सरकार के विरोध के बावजूद भी स्कूल व कालेजों में स्धार कर ये साबित कर दिया कि इससे से बेहतर सरकार कोई नहीं है

श्री संध् ने बताया कि इस रेस्टोरेंट को बनाने में लगभग दस लाख रूपये की राशि खर्च की गई है तथा यहां श्द शाकाहारी भोजन खाद्यय पदार्थ उचित दामों पर उपलब्ध होंगे

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए धर्म आधारित जीवन शैली जरूरी है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल नियम व आदर्श पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते रहे हैं आचार्य देवव्रत आज अम्बाला शहर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्र त्रिवेणी कार्यक्रम के द्रसरे दिन म्ख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण व विचार ही उसके धार्मिक होने व न होने का प्रमाण है उन्होंने कहा कि केवल स्कूली शिक्षा से देश व समाज का कल्याण संभव नही है क्योंकि संस्कारविहीन शिक्षा व्यक्ति के स्वंय और समाज के हित में नही हो सकती उन्होंने बच्चों को संस्कारय्क्त शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि वेदों व स्मृतियों में बताए गए सदाचार को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है विधायक असीम गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को सही दिशा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए

राष्ट्र त्रिवेणी कार्यक्रम मेरा आसमान संस्था की ओर से करवाया जा रहा है

कैथल में उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शत्र्जीत कपूर ने कहा कि निगमों दवारा उपभोक्ताओं के मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से बिल भेजे जा रहे हैं

प्रत्येक ग्रामीण फीडर पर एक से डेढ़ करोड़ रुपए की राशि बिजली के खंभे तारे व ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्च किए जा रहे हैं

भ्वनेश्वर में चल रहे विश्व कप हाकी प्रतियोगिता में अब से क्छ देर बाद शाम सात बजे भारत का म्काबला बैल्जियम से होगा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क्रेशी द्वारा टिवीट के जरिये की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्री की बात से यह साबित होता है कि पाकिस्तान सिख जज्बातों की कोई कदर नहीं करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि दोनो केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल तथा हरदीप सिंह प्री करतारप्र साहिब के ग्रूद्वारों में माथा टेकने गये थे